उपचुनाव में मिली जीत पर प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को दी सैद्धांतिक मंजूरी प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों के लिए प्रसार भारती समाचार सेवा को बताया बड़ा कदम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने शिमला में बताया कि आज घोषित चुनाव परिणामों में धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के विशाल नेहरिया और पच्छाद से भाजपा उम्मीदवार रीना कश्यप विजयी रही हैं

धर्मशाला विधानसभा सीट के लिए कुल सात जबकि पच्छाद में पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे प्रतिक्रिया भाजपा इस बीच प्रदेश भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जाहिर की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विशाल नेहरिया और रीना कश्यप को जीत की बधाई देते हए कहा है कि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास जताया है जयराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है

केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी धर्मशाला व पच्छाद में भाजपा उम्मीदवारों की जीत को पार्टी की विकासवादी नीतियों की जीत बताया है अनुराग ठाकूर ने जनसमर्थन हासिल करने के लिए विशाल नेहरिया और रीना कश्यप को श्भकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि दोनों ही नवनिर्वाचित विधायक पार्टी की नीतियों पर चलते हुए प्रदेश के विकॉस में अपना पूर्ण योगदान देंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव में हुई विजय भाजपा के विकास जनहित के कार्यों और पार्टी पर लोगों के विश्वास को दर्शाती है प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जताई है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में युवा विधायकों के चुने जाने पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू होंगे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी भाजपा उम्मीदवारों की जीत पर प्रसन्नता जाहिर की है उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर विश्वास व्यक्त करने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया और पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने पर कार्यकर्त्ताओं का आभार जताया प्रतिक्रिया कांग्रे स दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों में जो जनादेश मिला है वे उसका सम्मान करते हैं उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की हार की जल्द ही समीक्षा की जाएगी कुलदीप राठौर ने इन उपचुनावों भें भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया

लाहौल स्पीति जिले के दौरे के पहले दिन आज वे खंगसर पंचायत में आयोजित कृषक उत्थान सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे

उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान भी किया मारकंडा ने इस अवसर पर जनसमस्याए भी सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हवाई अड्डा केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से मंडी ज़िला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है इसके अलावा मंत्रालय ने शिमला कांगड़ा और कुल्लू हवाई अड्डो के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदोन की है केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया मुख्य सचिव ने बताया कि शिमला और कांगडा के हवाई अड़डो के विस्तार की लागत को केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय वहन करेगा श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि प्राधिकरण का एक दल जल्द ही कुल्लू व मनाली हवाई अड्डों के विस्तार के सर्वेक्षण के लिए दौरा करेगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे के निर्माण सहित शिमला कांगड़ा और कल्लू हवाई अड़डो के विस्तार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आमार जताया है प्रसार भारती प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी ए सूर्य प्रकाश ने विश्वास जताया कि यह सेवा विश्व की सबसे अच्छी समाचार एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी